आओ कोरोना को हराए कोविड उचित व्यवहार के पालन को जन आंदोलन बनायें कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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 सभी सूरक्षा उपायों का पालन करें और सभी पात्र लाभार्थी बेहिचक टीका लगवाएं स्रक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

यह सत्र इस महीनें के अंत में आयोजित किया जाना था अप्रैल सत्र पहले ही स्थगित कर दिया गया है

श्री निशंक ने तांज़ा जानकारी के लिए विद्दयार्थियों को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की वेबसाइट देखते रहने की अपील की है

जहां तक संभव होगा निजी प्रतिष्ठान यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके कर्मचारी घर से कार्य करें

इसके अलावा सिनेमा हॉल जिम स्पा बार तरनताल और कोचिंग सेंटर पर पाबंदी जारी रहेगी ओलपिक की तैयारी करने वाले एथलीट खेल सचिव से विशेष अन्मति लेकर तैयारी कर सकेंगे सभी सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक और खेल आयोजनों पर भी पूरा प्रतिबंध रहेगा यूपीएससी वगैरह को छोड़कर बाकी सभी भर्ती परीक्षायें सथगित कर दी गई है अंतर राज्यीय आवाजाही पर कोई रोक नहीं होगी चंडीगढ़ में बिना नेगीटिव कोविड रिपोर्ट या वैक्सीन सर्टीफिकेट के दाखिल होने वालों की कोविड जांच की जायेगी

हरियाणा सराकर ने कोरोना महामारी मे जनता की सेवा में लगे डॉक्टरों पैरामेडिकल व आवश्यक सेवाओं से सम्बधित कर्मचारियों का प्रदेश भर में लोक निर्माण विभाग के सभी विश्राम गृहों मे रहना व खाना म्फ्त कर दिया है उप मुख्यमंत्री दृष्यंत चौटाला ने बताया कि विभाग के सम्बधित अधिकारियो को आदेश जारी कर दिये गये है उन्होंने कहा कि सरकार ने यह फैसला महामारी मे अपना कर्तवद्य निभा रहे चिकित्सकों व मेडिकल स्टाफ की स्विधा को देखते हये लिया है

कंपनी के मालिक एस के गुप्ता ने श्री विज को यह कंसन्ट्रेटर भेंट किये श्री विज ने कहा कि ग्रुग्राम की इन दोनों कंपनियों दवारा भेंट किये कंसंट्रेटर से कोरोना मरीजों की बड़ी सहायता होगी उन्होंने कहा कि इससे कंपनियों ने कोरोना मरीजों को सांसे देने का काम किया श्री विज ने कहा कि यह सभी कंसंट्रेटर स्थानीय उपायुक्त को सौंप दिये हैं जोकि जरूरत के अनुसार अस्पतालों में भिजवा देंगे

उन्होंने आशा व्यक्त की कि इससे अभियांत्रिकी कार्यो में पारदर्शिता आयेगी और ठेकेदारों के लिए नई दरें आसानी से उपलब्ध होगी शीघ्र ही इस संस्करण की अधिसूचना जारी की जायेगी और इसके साथ ही नई निविदाओं में यह दरें लागू हो जायेगी

हरियाणा के परिहवन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में तालाबंदी के चलते हरियाणा रोडवेज की बसें बंद नही हो गई है और अविष्य में भी बसें बंद करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है

फरीदाबाद पुलिस ने जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी करने के जुर्म में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है पूलिस प्रवक्ता आदर्श दीप सिंह ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान वीरेंद्र और अतुल के रूप मे हई है दोनों पिता व प्त्र फरीदाबाद के निवासी है आरोपियों के कब्जे से रेमडेसिविर के पांच इंजैक्शन बरामद हये है

पंचकुला पुलिस की अपराध शाखा ने रेमडेसिविर वैक्सीन की कालाबाज़ारी करने वाले एक का गिरफ्तार किया था

यह फैसला आईपीएल के कार्यकारी परिषद और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की आपात बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया एक वक्तव्य में आईपीएल ने कहा है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड खिलाड्रियों सहयोगी कर्मियों और आईपीएल के आयोजन से जुड़े अन्य लोगों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करना चाहिए

हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ बनवारी लाल ने अधिकारियों को विभिन्न प्रकार की कालाबाज़ारी को रोकने के लिए संख्त कदम उठाने के निर्देश दिय है वे आज झज्जर में अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने निजी क्षेत्र के चिकित्सकों से भी आहवान किया है कि मरीज़ों को रियायती दरों पर स्वास्थ्य सेवायें दे ताकि कोविड संक्रमण की कड़ी को तोडा ज्ञा सके